विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने दिल्ली में कृषि स्ट्रार्टअप एवं उद्यमीकरण बारे दिवसीय सम्मेलन का उदघाटन किया इस आयोजन का उद्देश्य य्वा उद्यमियों के लिए कृषि नए अवसर तलाश करना है य्वा उद्यमियों को मौसमी फसलों के उत्पादन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है

उन्होंने कहा कि इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य भूखमरी को समाप्त करने की केन्द्र की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करना है

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के परिवर्तनात्मक ढंगों से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी

इस मौके पर ग्रूग्राम में आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यअथिति के तौर पर शिरकत की अपने सम्बोधन में राजनाथ सिंह ने जवानों को स्थापना दिवस की बधाई हए कहा कि एनएसजी एक भरोसे का नाम है जिसमें आंतकी घबराते है गृह मंत्री ने कहा कि एनएसजी ने कई कठित आप्रेशन आसानी से पूरे करके एक अलग पहचान बनाई है उन्होंने कहा कि एनएसजी कमांडों ने अपने आपकों फौलाद साबित किया है और उनकी त्लना द्निया के सबसे बेहतरीन बलों में होती है उन्होंने कहा कि मुम्बई अक्षरधाम और पठानकोट हमलों का भी इन कमांडो ने मूंह तोड़ जवाब दिया है श्री राजनाथ ने देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्वाजंलि दी और पिछले वर्षो में आंतकी घटनाओं मे होने वाली कमी को श्रेय जवानों को दिया

सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग केन्द्रीय राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार स्रक्षित और शहरों का यथार्थ सड़क बनाने के लिए वचनबद्व है मंत्री ने कहा कि सड़क स्रक्षा स्रक्षा की प्राथमिकता है क्योकि आज के दौरे मे विशेषकर य्वाओं की सड़क द्र्घटनओं में मृत्य् दर में वृद्वि हो रही है उन्होंने कहा कि सड़क द्र्घटनाओं का म्ख्य कारण तेज़ रफ्तार शराब पी गाड़ी चलाना स्रक्षा नियमों का पालन न करना और हैलमेट न पहनना है एटीएम से ज्ड़े साईबर अपराध पर रोक लगाने के लिए एटीएम मशीनों में ऐसी डिवाईस लगाई जा रही है जो जल्द से जल्द अपराधी का रिकार्ड बता देगी भातरीय स्टेट बैंक के उत्तर भारत के महाप्रंबधक राणा आश्तोष क्मार ने आज अम्बाला छावनी में पत्रकारों से बातचीत मे ये जानकारी दी उन्होंन कहा कि स्टेट बैंक ने जन धन योजना मुद्रा योजना और डिजीटल इंडिया के सपने को धरातल पर स्वीकार किया है उन्होंने अम्बाला के वाय्सेना क्षेत्र मे ई कार्नल में एमटीएम सीडीएम तथा एक स्वैचलित मशीन का उदधाटन भी किया ग्रूग्राम के पटौदी क्षेत्र में आज कपड़ो के गोदान मे भीषण आग लग गई गोदाम में क्छ ही पलों में करोड़ो रूपये का माल जल कर खाक हो गया आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है

रामपाल और अन्य को पिछले गुरूवार को दो मामलों में दोषी करार दिया गया था सज़ा सुनाने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा भारी प्लिस बल तैनात किया गया था क्योंकि रामपाल के अनुयायीयों के हिंसा पहंचने की संभावना थी पैरा मिल्ट्री फोर्सिस और रेपिड एक्शन फोर्स जवानों को भी भी हाई अर्ल्ट पर रखा गया था रामपाल के वकील का कहना है कि वोह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में फैसले के विरूदव अपील करेंगे

उदघाटन अवसरपर बोलते हए रक्षा मंत्री मंत्री ने कहा कि डाक्टर कलाम एक अच्छे वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी थे जो अपनी टीम के सदस्यों का प्रतिभा को पहचान कर आगे बढ़ने के अवसर देते थे हरियाणा रोडवेज कर्मचारी तालमेल कमेटी के बैनर तले प्रदेश भर में रोडवेज बसों के चक्का जाम का मिला ज्ला असर रहा स्बह रोहतक बस अड्डे पर हंगामा भी हआ रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह धनखड़ सहित समेत सभी प्रम्ख रोडवेज संघों य्नियन के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया हालांकि अम्बाला में रोडवेज़ का चक्का जाम असफल रहा

पलवल में सर्व कर्मचारी संघ के तत्वाधान में कर्मचारियों ने हड़ताल की उधर हिसार में भी रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल के कारण हिसार डिपों में भी एक बस नहीं चली प्रशासन ने स्बह चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए एक एक बस को भारी स्रक्षा के बीच बस अड्डे को रवाना किया लेकिन बीच रास्ते में बस को रोक दिया गया कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान सभी जिलों के बस डिपों पर भारी संख्या में प्लिस बल तैनात रहा रोडवेज कर्मचारी हरियाणा रोडवेज की बसों को निजी परमिट दिए जाने के विरोध मे हड़ताल की कर्मचारी सरकारी बेड़े में रोडवेज़ की नई बसे शामिल करने की भी मांग कर रहे है उल्लेखनीय है कि पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय ने कल हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ की हड़ताल के मद्देनजर राज्य सरकार को सख्ती से एस्मा लागू करने को कहा था न्यायमूर्ति रंजन गुप्ता ने निजी परिवहन चालकों दवारा हड़ताल के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिये थे हरियाणा के खादय एवं आपूर्ति मंत्री श्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में बाजरे एवं धान की खरीद निरविहन जारी है